ओड़िसा में आईआईएम संबलपुर में विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आत्मनिर्भर भारत के लिए स्थानीय उत्पादों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बीच सेतू का काम कर सकते हैं श्री मोदी ने कहा कि देश के भीतर और बाहर आई आईएम संस्थानों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी ब्रैंड इंडिया के वैश्वीकरण का लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोरोना संकट के दौरान चुनौती को अवसर में बदलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं कोविड संकट के बावजूद भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनीकोर्न दिए हैं आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्मस किए जा रहे हैं उनमें स्टार्टअप के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है

श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी

भारत के औषध महानियंत्रक वीजी सोमानी ने आज इन दोनों टीकों को अनुमति देने की घोषणा की औषध महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों के आपात उपयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की है औषध महानियंत्रक ने बताया कि भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु संस्थान पुणे के सहयोग से को वैक्सीन तैयार किया है उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन वैरो सेल प्लेटफार्म पर विकसित किया गया है जिसका देश और विश्वभर में सुरक्षा और प्रभावकारिता का सुस्थापित रिकॉर्ड है उन्होंने बताया कि को वैक्सीन का चरण तीन का परीक्षण भारत में पच्चीस हजार आठ सौ स्वंयसेवियों पर किया गया था और आज की तारीख तक देश में बाईस हजार पांच सौ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है तथा अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस वैक्सीन को सुरक्षित पाया गया है वहीं भारतीय सीरम संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडर पूनावाला ने कहा है कि कुछ ही सप्ताह में इस वैक्सीन का प्रयोग शुरू हो जाएगा उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड सुरक्षित और कारगर है

ट्वीट संदेश में उन्होंने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हए कहा कि कोरोना के विरूद्व संघर्ष में यह एक निर्णायक मोड़ है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनी दो वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के योगदान का पता चलता है श्री मोदी ने कहा कि यह समय देश को कोरोना से मुक्त करने की दिशा में चिकित्सकों चिकित्साकर्मियों वैज्ञानिकों पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्दाओं के प्रति एक बार फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करने का है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना योद्दाओं ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अनेक लोगों का जीवन बचाया है स्वास्थ्य मंत्री टीकाकरण अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकाकरण अभियान बुथ स्तर पर चलाया जाएगा आज सुबह ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इसके लिए कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है उन्होंने बताया कि टीका लगाने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि निर्धारित टीकाकरण केंद्रों में अलग से प्रतीक्षा कक्ष टीकाकरण और निरीक्षण कक्ष बनाए गए हैं उन्होंने कहा कि टीके के एक सौ लाभार्थियों के लिए पांच सदस्यों का दल तैयार किया गया है उन्होंने बताया कि टीकाकरण के बाद किसी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति में आपात किट दी जाएगी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों के पंजीकरण और उनकी जांच के लिए को विन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा साथ ही इसी पोर्टल से टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में एसएमएस और खुराक संबंधी जानकारी दी जाएगी टीकाकरण के बाद इसके प्रतिकूल प्रभावों और ई प्रमाण पत्र जारी करने की सूचना भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर अभ्यास किया जा रहा है इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में पहले चरण में करीब चौदह हजार लोगों को टीका लगाया जाएगा इसके लिए शहर में चार केन्द्र बनाए गए हैं इन स्थानों पर पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों को वहीं दूसरे चरण में पुलिस नगर निगम और होमगार्ड तथा तीसरे चरण में साठ वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गो ब्लड प्रेशर और मधुमेह रोगियों को प्राथमिकता दी जाएगी टीकाकरण के लिए को विन वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा राज्यपाल उच्च शिक्षा राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि उच्च शिक्षा की गृणवत्ता बनाए रखने हरसंभव कार्य किए जाएं साथ ही यह प्रयास भी किया जाए कि कोरोना काल में विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पडे राजभवन में आज उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में सुश्री उइके ने कहा कि राजभवन से विश्वविद्यालयों में भेजे जाने वाले पत्रों पर जल्द और उचित कार्रवाई की जाए राज्यपाल ने प्रदेश में संचालित विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्टाफ की समस्याओं की जानकारी लेकर उनके जल्द निराकरण के निर्देश दिए राज्यपाल ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने की जानकारी प्राप्त हुई थी उन्होंने उच्च शिक्षा सचिव धनंजय देवांगन को विश्वविद्यालय के लिए बजट आवंटन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए साथ ही राज्यपाल ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरने के भी निर्देश दिए

आज अपने बिलासप्र प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने पांच सौ चौदह करोड़ रूपये के तीन सौ सड़सठ निर्माण कार्यो का भूमिपूजन और लोकार्पण किया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम बिलासपुर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय डॉक्टर शिव दुलारे मिश्रा के नाम पर करने की भी घोषणा की लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास का पैमाना हमने वही रखा है जो हमारे पूर्वजों का सपना था ताकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों गरीबों और किसानों का भला हो सके इससे पहले मुख्यमंत्री आज रायगढ़ के भेलवाटिकरा गांव स्थित बंगुरसिया धान खरीदी केन्द्र पहुंचे इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की और धान खरीदी कार्य की व्यवस्थाओं का जायजा लिया मुख्यमंत्री कल रायगढ़ जिले के सुपोषण अभियान कार्यक्रम में भी शामिल हुए इस दौरान मुख्यमंत्री ने शत प्रतिशत कुपोषण मुक्त पंचायतों और वार्डों के प्रतिनिधियों का सम्मान किया मुख्यमंत्री ने संबलपुरी में शहरी गौठान का शुभारंभ भी किया और वहां स्व सहायता समूहों की महिलाओं से मुलाकात की मुख्यमंत्री कल चार जनवरी को बिलासपुर के बिल्हा विकासखंड के ग्राम सोलर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे इस दौरान वे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों समाज प्रमुखों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे श्री बघेल सतरंगा पर्यटन स्थल भी जाएंगे और मछुआ समूहों को सामग्री वितरित करेंगे भाजपा कांग्रेस बैठक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नवीन नितिन तीन दिवसीय प्रवास पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचे इस दौरान उन्होंने रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि भाजपा आने वाले समय में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश में बूथ स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए नौ हजार करोड़ रूपये दिए हैं राज्य सरकार पहले इस राशि का हिसाब दे डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि प्रदेश में पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश की जनता के बीच जाकर उनके बुनियादी हितों के लिए काम करना होगा साथ ही राज्य सरकार की किसानों के मामले को लेकर विफलता को भी जनता को बताना होगा उन्होंने कहा कि बारदाने की आपूर्ति का जिम्मा राज्य सरकार का होता है और प्रदेश सरकार किसानों को बारदाना उपलब्ध कराने में असफल रही है वहीं केन्द्र सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नवीन नितिन कल बलौदाबाजार में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे सह प्रभारी नवीन नितिन कल मुंगेली में भी पार्टी के जिला मंडल पदाधिकारियों की बैठक लेंगे दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में आज राजधानी स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी और सभी जिला अध्यक्षों की बैठक हुई बैठक में जिला अध्यक्षों को धान खरीदी कार्यो पर निगरानी रखने और जिलावार तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए कहा गया बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री मरकाम ने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों को बारदाना उपलब्ध नहीं करा पाई है इस संबंध में किसानों को पहले जागरूक किया जाएगा उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सांसदों के निवास के सामने प्रदर्शन करेंगे

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मिरतूर थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर इस माओवादी को पकड़ा इस पर चेरली सीएएफ कैम्प हमले में शामिल होने के साथ ही विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है वहीं इसी जिले में सुरक्षा बलों ने ढाई किलो वजनी विस्फोटक बरामद किया है जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जिला पुलिस बल और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इसी दौरान तर्रेम थाना क्षेत्र के तर्रेम सिलगेर मार्ग पर सुरक्षा बलों ने ढाई किलो का विस्फोटक बरामद किया यह विस्फोटक माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगा रखा था बाद में बम निरोधक दस्ते ने इस विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया

शिविर के पहले दिन प्रायोगिक परीक्षा और दूसरे दिन जांच परीक्षा आयोजित की गई शिविर में जिले के पचास स्काउट गाईड रोवर और रेंजर शामिल हुए इस दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले रोवर और रेंजर को सम्मानित किया गया समापन कार्यक्रम में स्काट्स गाइड्स के छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य आयुक्त विनोद सेमनलाल चंद्राकर और जिला शिक्षा अधिकारी तथा विद्यार्थी शामिल हुए कृषि अवसंरचना निधि केन्द्र सरकार के कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत हितग्राही दो करोड़ रूपये तक का ऋण अधिकतम नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर बैंक से प्राप्त कर सकते हैं इसी कड़ी में महासमुंद जिले में भी नाबार्ड की ओर से हितग्राहियों को ऋण दिए जा रहे हैं ये ऋण विभिन्न परियोजनाओं के तहत अलग अलग अवधि के लिए दिए जाएंगे नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राथमिक कृषि साख समितियों विपणन सहकारी समितियां किसान उत्पादक संगठन किसान स्व सहायता समूह और कृषि उद्यमी ले सकते हैं साथ ही हितग्राही इस योजना के तहत ई मार्केटिंग आपूर्ति श्रंखला सेवाएं गोदाम पैकेंजिंग इकाइयां सहित अन्य सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राही को कृषि अवसंरचना निधि की वेबसाइट पर पंजीयन कराना जरूरी होगा ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के माध्यम से लोगों के आवेदनों का ऑनलाइन निराकरण करने के मामले में बिलासपुर जिला राज्य में पहले स्थान पर है जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत आय जाति निवास विवाह और जन्म मृत्य प्रमाण पत्र सहित अस्सी से अधिक सेवाओं का संचालन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है चिप्स के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के उपयोग से विभिन्न सेवाओं के लिए अब लोगों को शासकीय कार्यालयों तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है वे घर से ही अपने मोबाइल अथवा कम्प्यूटर इंटरनेट के माध्यम के नजदीक के सेवा केन्द्रों में ऑनलाइन आवेदन करते हैं इन आवेदनों को संबंधित कार्यालयों को भेजा जाता है आवेदनों के निराकरण की सूचना आवेदक के मोबाइल नंबर पर दी जाती है

राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाधिन और उसके दो शावकों का शिकार करने के मामले में पुलिस ने छह लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है वन विभाग की टीम ने बाधिन और शावकों के शव उमरेड कंडरला अभयारण्य से लगे गांव से बरामद किए हैं

जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं

इस मामले में ओडिशा निवासी दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है

गोताखोर युवक को ढूंढने का प्रयास कर रही है